पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड का टीका दिया जायेगा

मंत्रिमंडल ने स्वीकृति प्रदान की

बारिश के कारण ठंड में बढ़ोतरी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

उन्होंने यह भी कहा कि ऊर्जा उत्पादन में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी मौजूदा छह दशमलव दो प्रतिशत से बढ़ाकर पंद्रह प्रतिशत कर दी जाएगी प्रधानमंत्री ने केरल के कोच्चि से कर्नाटक में मंगलूरु तक चार सौ पचास किलोमीटर लंबी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन करते हुए आज यह बात कही श्री मोदी ने कहा कि मौजूदा सरकार ने तेल और गैस क्षेत्र में तेजी से सुधार किए हैं अक्षय ऊर्जा की पहुंच बेहतर की है और इस क्षेत्र की बुनियादी आवश्यकताएं तीव्रता से पूरी की है श्री मोदी ने कहा कि सरकार की नीतिगत पहल से रसोई गैस का इस्तेमाल बढ़ने से कैरोसीन पर राज्यों की निर्भरता कम हुई है प्रधानमंत्री ने बताया कि दो हजार चौदह तक केवल चौबीस करोड़ एलपीजी कनेक्शन थे जबकि इसके बाद के छह वर्ष में चौबीस करोड़ नए कनेक्शन दिए गए हैं उज्ज्वला योजना के तहत आठ करोड़ गरीबों को ये कनेक्शन दिए गए हैं श्री मोदी ने कहा कि भारत में विकास की जो रफ्तार इस समय है वो पहले नहीं थी बाइट प्रधानमंत्री आज आप जिस भी फ्रंट पर देखे हाइवे कनेक्टिविटी रेलवे कनेक्टिविटी मेट्रो कनेक्टिविटी एअर कनेक्टिविटी वॉटर कनेक्टिविटी डिजिटल कनेक्टिविटी या फिर गैस कनेक्टिविटी भारत में जितना काम अभी हो रहा है एक साथ इतने सभी क्षेत्रों में उतना पहले कभी नहीं हुआ पिछली शताब्दी में भारत जिस भी रफ्तार से चला उसकी अपनी वजह रही है लेकिन इतना तय है कि आज का युवा भारत अब धीरे नहीं चल सकता इसलिए भी बीते वर्षो में देश ने स्पीड भी बढ़ाई और स्केल भी बढ़ाया सीएनजी केन्द्रों की प्रगति का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सताईस वर्षों में केवल नौ सौ केन्द्र ही उपलब्ध कराए गए जबकि दो हजार चौदह के बाद छह वर्ष में एक हजार पांच सौ नए सीएनजी केन्द्रों का निर्माण किया गया प्रधानमंत्री ने कहा कि दो हजार चौदह तक पाइप के जरिए प्राकृ तिक गैस पहुंचाने के केवल पच्चीस लाख कनेक्शन थे लेकिन बीते छह साल में बहत्तर लाख कनेक्शन दिए गए प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले दस वर्ष में पैट्रोल में बीस प्रतिशत एथलॉन सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि कोविड टीकाकरण को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गयी है उन्होंने कहा कि केन्द्रीय दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सभी लोगों को टीका उपलब्ध कराया जायेगा श्री कुमार ने कहा कि पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड का टीका दिया जायेगा

वैशाली जिले में एएनएम आशा और विभिन्न आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्यरत आंगनबाड़ी सेविकाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है बेगूसराय जिले के तेघड़ा और अन्य प्रखंड कार्यालयों में भी प्रशिक्षण दिया गया प्रदेश में कोविड उन्नीस के पहले चरण के टीकाकरण के लिए दो लाख बयालीस हजार एक सौ पंचानवे लोगों का रजिस्ट्रेशन किया गया है स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कि इस चरण में टीकाकरण के लिए पैंसठ हजार स्वास्थ्य कर्मियों की पहचान की गयी है प्रदेश के कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर लगभग अंठानवे प्रतिशत हो गयी है स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार चार लाख अड़तालीस हजार से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं वहीं इस महामारी से चौदह सौ आठ लोगों की मृत्यु हुई है पिछले चौबीस घंटों के दौरान राज्य में कोविड उन्नीस के चार सौ ग्यारह नये मामलों की पुष्टि हुई है सबसे अधिक एक सौ इकतीस नये मामले पटना जिले में दर्ज किये गये हैं वहीं सक्रिय मरीजों की संख्या चार हजार छह सौ चालीस हो गयी है देश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने वालों की दर छियानवे दशमलव तीन दो प्रतिशत हो गई है पिछले चौबीस घंटों में उनतीस हजार लोग ठीक हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अब तक इस संक्रमण से निन्यानवे लाख पचहत्तर हजार नौ सौ अंठानवे लोग स्वस्थ हो चुके हैं देश में कुल मामलों में से केवल दो दशमलव दो तीन प्रतिशत सक्रिय मामले हैं इस समय कोविड के लगभग दो लाख इकतीस हजार सक्रिय मामले हैं सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि कोविड उन्नीस के टीके के बारे में कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष वेबुनियाद बातें कर रहा है श्री जावड़ेकर ने ट्वीट कर आश्चर्य जताया कि कांग्रेस को इस टीके से क्या समस्या हो सकती है उन्होंने कहा कि इसके बजाय शायद उनको अपने नेता के साथ समस्या है गौरतलब है कि कुछ कांग्रेस नेताओं ने औषध नियंत्रक द्वारा भारत बायोटेक निर्मित कोवैक्सीन टीके के इस्तेमाल की अनुमति देने पर सवाल खड़े करते हुए कहा था कि इस टीके के मानवीय परीक्षण का तीसरा चरण अभी पूरा नहीं हुआ है

हमें ये लेके चलना है कि दोनों वैक्सीन में जो परमिशन मिली है वो इमरजेन्सी डॉज की जो मिली है और उसमें थोड़ा फर्क है जो सीरम वैक्सीन कॉम्पोजिशन है उसके बारे में साधारण कंडीशन्स है जो कि हम एमरजेंसी यूज में लेते हैं प्रदेश के होमगार्ड जवानों को अब पुलिस के जवानों की तर्ज पर ग्रेड पे का लाभ मिलेगा इसके अंतर्गत सिपाही को दो हजार रूपये अधिनायक को चौबीस सौ और अधिनायक ग्रेड वन को अठाईस सौ का ग्रेड पे उनके पे बैंड में दिया जायेगा इसका लाभ इक्कीस जनवरी दो हजार दस से प्रदान किया जायेगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी राज्य सरकार ने सात निश्चय अभियान दो के तहत हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों को निःशुल्क इलाज की सुविधा देने का निर्णय किया है अब बाल हृदय योजना के अंतर्गत ऐसे बच्चों का मुफ्त इलाज होगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी मंत्रिमंडल ने भागलपुर पटना मुजफ्फरपुर और बिहारशरीफ शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय किया है इसके तहत स्मार्ट सिटी के लिए गठित कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अध्यक्ष अब प्रमंडलीय आयुक्त नहीं होंगे इनके स्थान पर नगर विकास और आवास विभाग के प्रधान सचिव को नामित किया जायेगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि राज्य में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत विभिन्न जिलों में व्यापक कार्यक्रम चलाया जा रहा है श्री कुमार ने पटना में जल जीवन हरियाली दिवस के अवसर पर एक परिचर्चा को संबोधित करते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर राज्य सरकार सक्रिय है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रे राज्य में राजगीर मॉडल के तहत पर्यावरण संरक्षण और पर्यटन विकास के लिए कार्य किया जायेगा उन्होंने अधिकारियों को हरियाली मिशन के तहत कार्यों को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने दरभंगा में प्रस्तावित केन्द्रीय कौशल विकास विश्वविद्यालय को लेकर आज नई दिल्ली में केन्द्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री महेन्द्र नाथ पांडेय से मुलाकात की इस अवसर पर श्री ठाक्र ने प्रशिक्षण के पाठ्यक्रमों में मखाना मछली उत्पादन आतिथ्य और पर्यटन के अलावा कुछ अन्य पाठ्यक्रम शामिल करने की मांग की पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के कुलपति जी सी आर जायसवाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है राज्यपाल फागू चौहान ने उनका इस्तीफा स्वीकृत कर लिया है और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के कुलपति सुरेन्द्र प्रातप सिंह को पाटलिपुत्र विश्विद्यालय का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है एसटीएफ ने वांछित नक्सली गणेश शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने बताया कि कुख्यात नक्सली को सारण जिले के बनियापुर से गिरफ्तार किया गया प्रदेश में आज कई स्थानों पर हल्की बारिश दर्ज की गयी पटना बक्सर भोजपुर मुजफ्फरपुर और आसपास के कई इलाकों में बारिश हुई है बारिश के कारण ठंड में बढ़ोतरी हो गयी है मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटे के दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बादल छाये रहने की पूर्वानुमान व्यक्त किया है मौसम विभाग ने कहा है कि दो दिनों बाद प्रदेश में ठंड में और बढ़ोतरी होगी राज्य सरकार ने राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड का गठन कर दिया है पांच साल बाद गठित इस बोर्ड का अध्यक्ष अखिलेश जैन को बनाया गया है वहीं विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल रत्नेश सादा जदयू नेता नीरज कुमार रणवीर नंदन सहित नौ लोगों को बोर्ड का सदस्य बनाया गया है गौरतलब है कि बोर्ड राज्य के कई प्रमुख मंदिरों का प्रबंधन और देख रेख करता है दीन दयाल उपाध्याय शहरी आजीविका मिशन के तहत राज्य के इकसठ हजार रेहरी पटरी वालों को स्मार्ट कार्ड दिया गया है

इन्हें प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए ऋण की सुविधा मिल सकेगी राहुल रंजन महिवाल को पूर्णिया प्रमंडल का नया आयुक्त बनाया गया है श्री महिवाल इससे पहले ग्रामीण विकास विभाग के विशेष सचिव थे देश के जाने माने अर्थशास्त्री शिक्षाविद् समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी डाक्टर परमानन्द प्रसाद के जन्म शताब्दी के अवसर पर आज मुंगेर में उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गयी जिले के आरडीएण्ड डीजे कालेज में आयोजित सभा में मुंगेर विश्वविद्यालय के कुलपति रणजीत कुमार वर्मा और कई बुद्धिजीवियों ने उन्हें श्रद्धापूर्वक याद किया समस्तीपूर जिले के दलसिंहसराय बाजार के व्यवसायियों ने व्यापारियों पर हो रहे हमले और उनके खिलाफ आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी के विरोध में आज बाजार बंद रखा व्यवसायियों ने पुलिस प्रशासन से अपराधियों को गिरफ्तार करने की मांग की है समस्तीपूर जिले के विद्यापति प्रखंड अंतर्गत मऊ के रहने वाले प्रमुख समाजसेवी गणिनाथ झा का निधन हो गया ग्रामीण कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी समेत विभिन्न लोगों ने उनके निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है

पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड का टीका दिया जायेगा

मंत्रिमंडल ने स्वीकृति प्रदान की

बारिश के कारण ठंड में बढ़ोतरी